यात्रा दो अलग अलग मार्गो से होती हई आठ जून से आठ सितम्बर तक चलेगी उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवनी पर बनी फिल्म के रिलीज़ पर रोक लगाने के लिये याचिका खारिज कर दी है न्यायालय ने कहा कि याचिका समय से पहले दायर दायर की गई है क्योंकि अभी तो सेंसर बोर्ड ने फिल्म को प्रमाणित भी नहीं किया

म्ख्यमंत्री मनोहर लाल और इनैलो नेता अभय सिंह चौटाला के बीच मुलाकात के बाद लगाये जारे कयासों पर विराम लगाते हये इंडियन नेशनल लोकदल ने कहा कि लोकसभा च्नाव के लिये भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हेत् उनकी कोई बातचीत नहीं हो रही पार्टी के हरियणा प्रधान अशोक अरोड़ा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने आठ उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और इनैलो भी जल्द ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी

श्री अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात किसी ओर कारणो को लेकर भी हो सकती है इसमे राजनीतक क्छ भी नहीं था केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष और राजस्व सचिव ने देश में जारी आयकर छापों पर चर्चा करने के लिये नई दिल्ली में चुनाव आयोग से म्लकात की

च्नाव आयोग केन्द्रीय राज्सव विभाग के अधीन काम करने वाली सभी प्रवर्तन एजेंसियों को पहले ही सुझाव दे च्का है कि उनके दवारा की गई हर कार्रवाई पूरी तरह से निष्पक्ष और भेदभाव रहित होनी चाहिए

कांग्रेस ने द्रदर्शन पर समय लेने के लिए आवेदन नहीं किया था

उन्होंने कहा कि तीस साल से राम मंदिर के म्द्दे को घोषणा पत्र में शामिल किया जा रहा है जब साफ हो च्का है कि राम मंदिर से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है डा तंवर ने कहा कि भाजपा ने पिछले घोषणा पत्र में सौ स्मार्ट बनाने का वादा किया था पर आज तक एक भी स्मार्टसिटी नहीं बनी है उन्होंन कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र बेहतर है और इसमें सभी महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है

यह दिवस होम्योपैथी चिकित्सा के जन्मदाता डा क्रिश्चियन फैडरिक सैम्यूल हैनमन की जयंती पर मनाया जाता है इस अवसर पर केन्द्रीय होम्योपैथी शोध परिषद दवारा नई दिल्ली में दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है परिषद देश मे होम्योपैथी के विकास हेत् नीतियां तैयार करने एवं पेश आ रही चुनौतियों का जायज़ा लेगी सम्मेलन को सम्बोधित करते हये आ्रयूष वैदया कालेज कोटेचा ने कहा कि मंत्रालय होम्योपैथी कालेज में उचच ग़णवता वाली विभाग की यकीनी बनाने और इसका सतर ऊंचा उठाने के लिये समर्पित है श्री कोटेचा ने होम्योपैथी मे शोध एवं विकास के क्षेत्र मे उल्लेखनीय कार्य करने वाले विदयार्थियों और यवा वैज्ञानिकों को प्रस्कार प्रदान किए कैलाश मान सरोवर यात्रा का पंजीकरण आज शुरू हो गया है विदेश मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति के माध्यम मे कहा है कि ये यात्रा आठ जून से आठ सितम्बर तक चलेगी और इस वर्ष दो अलग अलग रास्तो से ग़जरेगी पंजीकरण के लिये आखिरी तारीख नौ मई रखी गई है

यात्रा पर जाने का एक रास्ता उतराखंड के लिप् लेख दर्रे से गुजरेगा और इस मार्ग पर प्रति व्यकित यात्रा की अनुमानित लागत एक लाख अस्सी हजार रूपये होगी यह यात्रा चौबीस दिनों की होगी जिसमें दिल्ली से तैयारी के तीन दिन भी शामिल है यात्रा का द्सरा रूट सिक्किम के नत्थूला दर्रे वाला है और इस पर वाहन से यात्रा की जा सकती है

सोनीपत के निर्वाचन अधिकारी व उपाय्क्त डा शालीन ने बताया है कि जिले के सभी छ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रो में च्नाव लड़ने वाले उम्मीदवारों व राजनैजिक दलों दवारा च्नाव प्रचार के लिये पोस्टर बैनर लगने व रैली करने के लिये स्थान निर्धारित किये गये है उन्होंने बताया कि गन्नौर विधानसभा क्षेत्र में रैली के लिये अनाज मंडीव बीएसटी ग्राउंड का स्थान तय किया गया है राई क्षेत्र मे एचएसआईडीसी के मैदान कुंडली में निफ़रम के नज़दीक मैदान और राजीव गांधी एज्सिटी क मैदान मे रैलियां की जा सकेंगी उन्होंने कहा कि इसी तहर अन्य विधानसभा क्षेत्रों में निर्धारित स्थान के अलावा कही भी रैली करने या चूनाव प्रचार समाग्री चिपकाने की इजाज़त नहीं दी जायेगी भारतीय जनता पार्टी दवारा करनाल से प्रत्याशी घोषित किये गये संजय भाटिया ने अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है आज करनाल पहुंचकर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनसे च्नावी प्रचार से जुट जाने का आहवान किया

एक सवाल के जवाब मे उन्होंने कहा कि हो सकता है कि पूर्व सांसद अश्विनी चोपड़ा स्वास्थ्य कारणों से क्षेत्र को कम समय दे पाये है लेकिन उन्होंने क्षेत्र के लिये प्रा काम किया विधानसभा अध्यक्ष कंवर पाल ग्र्जर ने जगाधरी विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों का दौरा कर गत दिवस ओलावृष्टि से खराब हुई फसल का जायज़ा लिया अध्यक्ष ने छछरौली व खिजराबाद खंड के भूलखेड़ी जैधर इस्माइलप्र बेगमप्र आदि गांवों मे जाकर मौके को देखा और कहा कि ओलावृष्टि से खराब हुई फसल की विशेष गिरदावरी करवाकर प्रभावित किसानों को बीमा योजना के तहत भ्गतान कराया जायेगा उन्होंने प्रभावित किसानों को प्रभावित फस्ल की जानकारी तत्काल कृषि उप निदेशक को देने की ताकीद भी की उधर भारतीय किसान यूनियन ने जिला उपाय्क्त को ज्ञापन देकर प्रभावित फसल की त्रंत गिरदावरी करवाने की मांग की है हरियाणा में ग्यारह और बारह अप्रैल को तीस से चालीस किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ध्रल भरी हवायें चलने और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है